कांग्रेस के सहयोगी दल रालोद से जीतकर आये विधायक सुभाष गर्ग को पहली बार में ही मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है

श्री पायलट ने आज मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने अनुभवी लोगों और युवाओं दोनो को मौका दिया है और सब मिलकर राज्य का विकास करेंगे

कल नई दिल्ली में भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में वंशवाद जातिवाद और तृष्टिकरण की नीति के आधार पर राजनीति करने वालों की विदाई हो जायेगी

इस मौके पर श्री वाजपेयी के साथ काफी लंबे समय तक रहने वाले उनके सहयोगी और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन वित्त मंत्री अरूण जेटली पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और अटल बिहारी वाजपेयी के परिजन भी मौजूद रहे इधर श्री वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई जायेगी

उन्होंने कहा कि मंत्रालय के अधिकारी सभी संदिग्ध आश्रय गृहों का निरीक्षण कर रहे हैं और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें बंद किया जा रहा है मेनका गांधी ने कहा कि प्रत्येक राज्य में आश्रय गृहों के लिए एक ही परिसर स्थापित करने की मंत्रालय की योजना है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि पाठ्यक्रम में दस प्रतिशत और इसके अगले वर्ष बीस प्रतिशत की कमी की जाएगी

ऐसे निवेशकों के लिए सरकारी स्वर्ण बॉण्ड की कीमत तीन हजार उनहत्तर रुपए प्रति ग्राम होगी इन बॉण्डो की बिक्री बैंकों स्टॉक हॉल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड चुने गए डाकघरों और एनएससी तथा बीएसई के जरिए की जाएगी

इन दिनों पर्यटन सीजन के कारण देशी विदेशी सैलानी महोत्सव का आनंद ले रहे है हमारे संवाददाता ने बताया कि महोत्सव के तहत विभिन्न तरह के हस्तशिल्प उत्पाद लोगों को आकर्षित कर रहे है

न्यूनतम तापमान में बढोतरी के बावजूद भी तेज सर्दी से राहत नहीं मिल रही है